वे पालमपुर में आज स्वामी विवेकानन्द जयंती पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाएं लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं और विशेषकर युवाओं के लिए उनके शब्द आत्म सुधार के लक्ष्य बन गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और सार्वभौमिक भाईचारे व समानता में विश्वास रखते थे समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने भी अपने विचार रखे युवा दिवस देशभर में स्वामी विवेकानन्द की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई भारत के महान आध्यात्मिक गुरूओं में से एक स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत करवाया

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन ज़िले में दून क्षेत्र के सलगां में एक कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने युवाओं से स्वामी विवेकानन्द के दिखाए मार्ग पर चलने का आहवान किया

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि ज़रूरतमंदों के उत्थान के लिए हिमोत्कर्ष संस्था लगातार प्रयासरत है ऊना ज़िले के कोटला खुर्द में आज संस्था के राज्यस्तरीय अधिवेशन में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि हिमोत्कर्ष परिषद अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन को चरितार्थ कर रही है समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे

इसके अलावा विभिन्न कक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले के कुटलैहड़ क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने आज बंगाणा में स्थानीय लोगों के साथ लोहडी उत्सव मनाया और सभी से क्षेत्र के विकास में सहयोग का आहवान किया वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुटलैहड़ क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय जनता को करोड़ों रूपए की सौगात देंगे मौसम प्रदेश में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने एकबार फिर करवट ली है लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू और चम्बा ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है

लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद जनजीवन अभी भी प्रभावित बना हुआ है और संचार सेवाएं भी बाधित चल रही हैं किन्नौर ज़िले में भी ताज़ा बर्फबारी से राहत कार्यो में रूकावट आ रही है शिमला ज़िले में अधिकतर मार्गों से प्रशासन ने बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया है लेकिन सड़क पर फिसलन के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला और चम्बा ज़िलों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ऐहतियात बरतने की अपील की है बैठक मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए आज शिमला में उपायुक्त अमित कश्यप ने अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और विभागों से बेहतर तालमेल स्थापित करने पर बल दिया ताकि बर्फबारी के दौरान जनजीवन सामान्य रहे उन्होंने बताया कि शिमला ठियोग मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्ग सुचारू रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रेत डाला जाएगा सम्मान सिरमौर ज़िले को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के उन्नत समाधान के लिए देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए उपायुक्त आरके परूथी को जल शक्ति मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने आज नई दिल्ली में सम्मानित किया